आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

सुरक्षित दूरी बनाए रखें

राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य फंड से की जायेगी

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जल स्रोतों के प्नर्जीवीकरण के लिए स्नियोजित तरीके से कार्य किया जाए उन्होंने कहा कि जिन नदियों के प्नर्जनन के लिए कार्य किये जा रहे हैंए उनकी जीआईएस मैपिंग हो मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले में फिशरीज के क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और कार्यप्रणाली की जानकारी के लिए श्रमण कराया जाय

मनरेगा के तहत समय पर भ्गतान और जॉब कार्ड सत्यापन में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड की रैंकिंग दूसरी है बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड आजीविका एप भी लॉन्च किया

इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों में उत्साह नजर आया

किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई पिथौरागढ़ में जिला एवं महिला चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है

मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि कल भी वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रहेगा

जिला अस्पताल चम्पावत और संयुक्त चिकित्सालय टनकप्र में टीकाकरण किया गया जिले में आज पहला टीका मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आरपी खण्डूरी को लगा मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है

सीएमओ कार्यालय में बनाये गए वैक्सीनेशन सेंटर में आज दूसरे दिन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का टीकाकरण किया गया

कोविड टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों में सुरक्षा के प्ख्ता इंतजाम किए गए थे वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन लगाने वालों को केंद्र पर ही बनाए गए निगरानी कक्ष में आधा घंटा तक निगरानी में रखा गया कही से कोई समस्या सामने नहीं आई वैक्सीन लगवाने वाले स्वास्थ्य कार्मियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि टीका लगाने के बाद वे अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं

शिक्षा मंत्री ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की बैठक ली

शिक्षा मंत्री ने बैठक में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले प्राइवेट शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने पर आपत्ति जताई उन्होंने कहा कि डायट से डीएलएड करने वाले ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे उन्होंने प्राथमिक शिक्षक के खाली पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए कषि मंत्री बैठक प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उद्यान और कृषि विभाग को अधिक उत्पादक बनाने के निर्देश दिये हैं विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विभाग के आध्निकीकरण पर बल दिया जाए और विभाग को डिजिटल रूप देते हए निष्क्रिय पड़ी वेबसाइट को अपडेट किया जाए वेबसाइट में ऐसे वीडियो अपलोड किये जायेंगेए जिससे किसान योजनाओं को सरलता से समझा जा सकें उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से कृषकों तक पंहचाना है और विभागीय गतिविधियों की मॉनिटरिंग करना है कृषि मंत्री ने कहा कि आध्निकीकरण के तहत न्याय पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय के विभागीय गतिविधियों पर निगरानी रखी जायेगी उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश में नकदी फसल के रूप में कीवी उत्पादन पर जोर दिया जाए और इसके लिए कार्य योजना बना ली जाय

हल्द्वानी में दुग्ध विकास राज्य मंत्री ने द्ग्ध विभाग की समीक्षा की

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य महिलाओं को घास के बोझ से निजात दिलाना है घास का विकल्प पश् आहार साईलेज है इसलिए मक्का उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाय

एटीएम वैन से क्म्भ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को नकदी की निकासी में आसानी होगी मेला अधिकारी ने कहा कि मोबाइल एटीएम वैन को मेला क्षेत्र में अच्छी लोकेशन में रखा जाएगा इस अवसर पर स्टेट बैंक के अधिकारियों ने मेलाधिकारी को यूनो एप की प्रक्रिया की जानकारी भी दी उन्होंने बताया कि यूनो एप काफी सुरक्षित है इससे नकदी निकालने के लिए एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है सिर्फ मोबाइल फोन की जरूरत होती है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में उनमें से कुछ विचारों पर चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं पहल चमोली चमोली जिला प्रशासन ने सड़क द्र्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को मदद पहुंचाने वाले नागरिकों को सम्मानित करने की एक अभिनव पहल शुरू की है आज राष्ट्रीय सड़क स्रक्षा माह के श्भारंभ पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सड़क द्र्घटनाओं में सराहनीय कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर वीडियो फिल्म भी दिखाई गई इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा किसी द्र्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाना सबसे प्नीत कार्य है उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सड़क द्र्घटनाओं में क्छ नागरिकों ने मानवता का परिचय देते हुए लोगों की जान बचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है